केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी को दी मंजूरी

पुलिस ने दुमका में मसानजोर थाना क्षेत्र के दुमका सिउड़ी मुख्य मार्ग पर लूट मामले में ट्रक चालक और खलासी को किया गिरफ्तार चार्लीस लाख पचहत्तर हजार रूपये नगद बरामद

सरकार द्वारा टैस्ट ट्रैक और ट्रीट की रणनीति के कारण स्वस्थ होने वालों की संख्या भी बढी है और मृत्यु दर में कमी आई है इस समय देश में संक्रमण से होने वाली मौतों का प्रतिशत एक दशमलव सात छह है

वहीं राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर पैंसठ दशमलव एक पांच प्रतिशत है

अभी राज्य में कोरोना के चौदह हजार से अधिक सकिय मामले हैं

भारत में पिछले पांच महीनों में कोविड जांच क्षमता में काफी वृद्धि हुई है

देश में संक्रमण दर में भी कमी आई है और यह लगभग आठ दशमलव पांच प्रतिशत हो गई है राजस्थान उत्तरप्रदेश पंजाब और मध्यप्रदेश में संक्रमण दर पांच प्रतिशत से भी कम है

एम्स के पलमोनरी चिकित्साग विभाग के अध्यक्ष डॉ अनन्ता मोहन ने लोगों को सलाह दी है कि केवल चिकित्स्क की सलाह के बाद ही मरीज को हाइड्रोक्सीह क्लोरोक्वीन और मलेरिया रोधी दवाएं दी जानी चाहिए

यह कार्यक्रम सरकारी कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण का आधार होगा ताकि वे विश्वभर से उत्कृष्ट कार्य पद्धतियां सीखते हुए भारतीय संस्कृति से भी निरंतर जुड़े रहे मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य भविष्य के लिए ऐसे भारतीय लोक सेवक तैयार करना है जो अधिक रचनात्मक चिंतनशील नवाचारी व्यावसायिक और प्रौद्योगिकी सक्षम हों आज मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि कर्मयोगी स्कीम मानव संसाधन विकास की दिशा में सरकार की सबसे बड़ी पहल होगी

इन भाषाओं में उर्दू कश्मीरी डोगरी हिंदी और अंग्रेजी शामिल हैं

यह पुरस्कार दो श्रेणियों में प्रतिभाशाली बच्चों व्याक्तियों और संगठनों को दिए जाते हैं

एक ट्वीट में श्री जावेडकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पिछले मन की बात कार्यक्रम में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी एप विकसित करने के लिए लोगों का आहवान किया था प्रधानमंत्री ने क्ट्की किड्स लर्निंग एप चिंगारी एप आस्क सरकार एप स्टेप सेट गो एप का भी उदाहरण दिया था संसद के इस बार होने वाले मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल और सांसदों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की व्यवस्था नहीं होगी शून्यकाल भी कुछ प्रतिबंध रहेंगे

दोनों सदन शनिवार और रविवार को भी काम करेंगे कोविड महामारी को देखते हुए सदनों की बैठक दो पाली में सुबह नौ बजे से दोपहर एक बजे तक और फिर दोपहर बाद तीन बजे से शाम सात बजे तक होगी पहले दिन को छोड़कर राज्यसभा की बैठक सुबह की और लोकसभा की बैठक शाम की पाली में होगी

संगठन के सभी आठ देश मॉस्को में शुक्रवार को आयोजित बैठक में आतंकवाद और उग्रवाद जैसी क्षेत्रीय रक्षा चुनौतियों से निपटने के उपायों पर चर्चा कर रही है रक्षामंत्री रूस के रक्षामंत्री के निमंत्रण पर तीन दिन के रूस दौरे पर है वे सामूहिक रक्षा समझौता संगठन सीएसटीओ और पूर्व सोवियत संघ के देशों के संगठन सीआईएस की बैठक में भी भाग लेंगे रक्षामंत्री ने अपने ट्वीट में कहा है कि वे रूस के रक्षा मंत्री के साथ पारस्प्रिक सहयोग और आपसी महत्व के मुद्दों पर चर्चा करेंगे उन्होंने कहा कि भारत और रूस रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहयोगी है और वे इस सहयोग को आगे बढ़ाने के इच्छुक है अनलॉक चार के नए आदेश के बाद पश्चिमी सिंहमूम जिले में कई सेवाओं की शुरूआत होने पर उपायुक्त अरवा राजकमल ने सैलुन और बस परिचालन सहित अन्य सेवाओं से जुडे लोगों को स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से अनुपालन करने को कहा है

ऑनलाइन स्टांप पेपर बेचने का ट्रायल भू राजस्व एवं निबंधन विभाग द्वारा पूरा कर लिया गया है

इस संबंध में निबंधन विभाग के उपमहानिरीक्षक साहब सिद्दीकी ने आम सूचना जारी कर लोगों से जरूरत के अनुसार स्टांप ऑनलाइन खरीदने की अपील की है उन्होंने कहा कि करोना काल में मैनुअल स्टांप लेने के लिए लोगों को ट्रेजरी सहित बैंक व अन्य स्थानों पर लाइन लगकर स्टांप पेपर खरीदना पड़ रहा था

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पैतृक गांव नेमरा में आज सामुदायिक पुलिसिंग के तहत लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए जागरूक किया गया रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड स्थित नेमरा और उनके पंचायत ऊपर बरगा में आयोजित सामुदायिक पुलिसिंग के तहत ग्रामीणों को उनकी अपनी संथाली भाषा में कोरोना संक्रमण से बचाव की जानकारी दी गयी इस मौके पर ग्रामीणों के बीच मास्क सैनिटाइजर और हाथ धोने के साबुन का वितरण किया गया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

रांची में परीक्षा के लिए दो सेंटर बनाए गए हैं पहला आईएनओ तुपुदाना और दूसरा आईएनओ टाटीसिल्वे

विभिन्न कारणों से कई छात्र सेंटर नहीं पहुंचे

परीक्षा शुरू होने के पहले छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर अंदर प्रवेश कराया गया

मुखिया और उनके साथी समाजसेवियों के इस कार्य को स्थानीय लोगों का समर्थन मिला है अन्य लोग भी उन्हें इस काम में सहयोग करने लगे हैं मुखिया ने बताया कि हंटरगंज प्रखंड के दर्जनों गांव के लोग लंबे समय से राष्ट्रीय राजमार्ग को दुरुस्त करने की मांग कर रहे थे सड़क खराब होने के कारण यहां आए दिन दुर्घटनाएं होती थी

पूरे देश में सितंबर के महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है

इस क्रम में आज रामगढ़ जिला अतर्गत सभी प्रखंडों में आगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं द्वारा पौधारोपण किया गया